सरकार ने कहा कि तालाबंदी के दौरान कृषि और बागवानी से सम्बधित गतिविधियां जारी रहेगी

दो मरीज़ों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई

देश में तालाबंदी तीन मई तक बढ़ाने जाने के मददेनज़र केन्द्र सरकार दवारा जारी संशोधित दिशा निर्देश आज से लागू हो गये है

तालाबंदी की सख्ती से पालन सुनिश्चित करेन के लिए निर्देश दिये गये है सभी सार्वजनिक स्थानों पर अब मास्क पहनना अनिवार्य है सामाजिक दूरी के नियमों के अन्सार लोगों को एक दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाये रखने का पालन करना हगा

विवाह और अंतिम संस्कार सहित किसी भी सामाजिक आयोजन से पहले जिला मैजिस्ट्रेट से अन्मति ली जानी चाहिए सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया जायेगा शराब ग्टका और तम्बाक् जैसे नशीले पदार्थो की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा सरकार ने कहा है कि तालाबंदी के दौरान कृषि और बागवानी से सम्बधित गतिविधियां जारी रहेंगी

उन्होंने बताया कि देश भर के जिलों को मरीज़ों की बढ़ती गिनती के आधारपर हॉट स्पॉट गैर हॉट स्पॉट ग्रीन जोन जिलों में बांटा गया है

उन्होंने बताया कि ग्रीन जोन वो जिले है जहां कोरोना का अभी कोई मरीज़ नहीं मिला

उन्होंने आज भारतीय स्टेट बैंक की कोर्ट रोड शाखा में इस राशि के चैक देते समय बताया कि लोगों ने यह राशि स्वेच्छा से दी है राहत कार्य बिना किसी विघ्न के चलते रहे भिवानी से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सेवानिवृत अधिकारियों व कर्मचारियों ने स्वेच्छा से तीन लाख पांच हजार रूपये की राशि हरियाणा कोरोना राहत कोष में जमा करवाई उन्होंने इस राशि का चैक बोर्ड के अध्यक्ष डा जगबीर सिंह एंव सचिव को सौंपा

रेडियो सिंग्नल तकनकी पर बनी यह एप्प आपको और आपके परिवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में मददगार है हरियाणा में विभिन्न माध्यमों से लोगों को इस एप्प के महत्व बारे अवगत करवाया जा रहा है अम्बाला की एसडीएम अदीति ने बताया कि लोगों को एप्प के बारे में जानकारी देने के लिए नगरपालिका क्षेत्र में मुनादी करवाई जा रही है वहीं गांवों में ग्राम पंचायतों मुनायदी करवाकर लोगों को एप्प के बारे में जागरूक कर रही है

हमारे सवाददाता ने बताया कि आज फतेहाबाद में एक और ग्रूग्राम में एक मरीज़ को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छटटी दी गई

हरियाणा में आज सरसों की खरीद शुरू हो गई है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले किसानों को बारी बारी खरीद के लिए बुलाया जा रहा है

भिवानी से हमारे संवाददाता ने उपायुक्त अजय क्मार के हवाले से बताया हैकि कि सरसों की खरीद का सुचारू ढंग से चल रहा है और मज़दूरों के लिए पंचायतों का सहयोग लिया जा रहा है मनरेगा के तहत काम करने वाले मज़द्रों को भी खरीद के काम मे लगाया गया है रोहतक से हमारे संवाददाता ने बताया िक बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने आज नई अनाज मंडी में खरीद के काम का जायज़ा लिया हमारे संवाददाता के अनसार फतेहाबाद में विधायक दुड़ाराम ने भट्ट अनाज मंडी में सरसों की खरीद का काम श्रू करवाया और अपील की कि जिन किसानों ने अबतक पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवाया वे जल्दी ही पंजीकरण करवायें रेवाड़ी में हरियाणा राज्य परिवहन गोदाम निगम के प्रबंधक राजेन्द्र सिंह ने आठ प्रतिशत की नमी पर होने वाली कटौती बारे कहा कि इससे अधिक नमी सरसों खरीना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ग्प्ता ने अधिकारियों को पंचकूला जिला के उपमण्डल पंचकूला कालका रायपुर रानी बरवाला में सब्जी व फल बेचने वाले वैण्डरों की मेडिकल जांच करवाने और अलावा लोगों को सुखा राशन वितरण करने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की संख्या बढाने के साथ साथ सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करने को कहा है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अधिकारियों के साथ की बैठक में तालाबंदी के चलते लोगों को दी जा रही स्विधाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि बरवाला सब्जी मण्डी में लोगों दवारा सामाजिक दूरी की पालना नहीं की जा रही जो जनहित में नहीं है इसके लिए उन्होंने प्लिस उपाय्क्त मोहित हाण्डा को अतिरिक्त पुलिस बल लगाने के निर्देश दिए इसके अलावा एसडीएम धीरज चहल को भी मौके का म्आयना करने को कहा

हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवर पाल गूर्जर ने आज जगाधरी मे कहा कि तालाबंदी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए केवल टी वी के माध्यम से पढ़ाई करवाई जायेगी